केंद्र सरकार वाहन उद्योग की वृद्वि और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए दूरगामी रूपरेखा तैयार कर रही है देश के वाहन उद्योग को विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए नये नियम बनाने पर विचार चल रहा है मंत्रालय वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए पहले ही कई विनियम अधिसूचित कर चुका है इनमें वाहनों की एंटी लॉक प्रणाली एयर बैग गति सीमा चेतावनी रिवर्स पार्किंग सुरक्षा उपकरण जैसे उपाय शामिल हैं

यह बैठक राज्यों में कोविड संक्रमण प्रबंधन के अनुभवों पर केंद्रित थी बैठक में वैक्सीजन तैयार होने की स्थिति और इसके वितरण के बारे में भी चर्चा हई कोविड के विभिन्न पहलुओं के दीर्घावधि प्रबंधन के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजना की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श हुआ

कोरोना महामारी के बीच हो रही परीक्षा में पहली बार अभ्यर्थियों को उनकी पंसद के परीक्षा केंद्र आबंटित किए गए हैं

यह परीक्षा दो सत्रों मे होगी वहीं कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी भी एचएएस की परीक्षा दे सकेंगे इसके लिए शिमला बिलासपुर कुल्लू व चंबा में परीक्षा केन्द्र स्थापित किए हैं इन परीक्षा केन्द्रों में निरीक्षकों को पी पीईकिट उपलब्ध करवाई गई है

कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय किया गया है

कार्मिक राज्यमंत्री ने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है सशस्त्र पुलिस एंव प्रशिक्षण मुख्यालय से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी का शीर्षक है धर्मशाला में डीआईजी इंटेलीजैंस एंड सिक्योरिटी पालमपुर में आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कार्यालय खुलेगा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं धर्मशाला में संचालित होगा उप महानिरीक्षक इंटेलिजैंस का पद

इसी अखबार की एक अन्य खबर है सप्ताह बाद स्कूल खोलने को एसओपी तैयार एचपीयू ने खोले होस्टल

अमर उजाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मंत्री मामले में लिया जा रहा फीड बैक ओरोपों पर मंत्री ने भी रखा पक्ष